वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये दस राज्यों के म्ख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अन्त में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है जो बढ़ रहा है और हो है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेत् एप से भी संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है

लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह द्वनिया भर में सबसे अधिक डाउनलॉड होने वाला एप बन गया है सरकार के समर्थन से तैयार किये गये इस एप ने श्रू होने के तीन महीने के अन्दर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली

एप के डाउनलॉड की ये संख्या गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से ली गई है

होम आईसोलेशन वाले व्यक्तियों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को घर पर मौजूद रहना होगा म्ख्य चिकित्साधिकारी की ओर से गठित टीम कोरोना संक्रमित मरीज के घर का निरीक्षण करेगी और आईसोलेशन की व्यवस्था को देखेगी गाइडलाइंस के अन्सार होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए वहीं देखभाल करने वाले व्यक्ति को मरीज और डॉक्टर के बीच संपर्क बनाकर रखना होगा संक्रमित व्यक्ति को अपने फोन पर आरोग्य सेत् एप भी डाउनलोड करना होगा सीएम एनडीएमए म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में वनाग्नि और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक न्कसान होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के तहत बनायी जाने वाली योजनाओं में वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए म्ख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के प्रतिनिधिमण्डल से म्लाकात के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि द्रस्थ क्षेत्रों में राहत कार्य पहंचाना भी एक च्नौती है इसके लिए राज्य सरकार की ओर से य्वा मंगल दलों और महिला मंगल दलों को आपदा की परिस्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसमें घायलों को फर्स्ट एड देने जैसे प्रशिक्षण भी शामिल हैं उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल से एनडीएमए दवारा चलाए जा रहे कार्यक्रम आपदा मित्र के प्रशिक्षण में ट्रॉमा ट्रेनिंग जैसे प्रशिक्षणों को शामिल करने की बात कही म्ख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबन्धन के लिए मैदानी क्षेत्रों के अन्सार योजनाएं और दिशा निर्देशों बनाये जाते रहे हैं इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के अन्रूप योजनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए इस दौरान एनडीएमए सदस्य राजेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देशों के अन्पालन में देशभर में आपदा मित्र योजना श्रू की गयी है

इसमें उतराखण्ड के हरिद्वार और उधमसिंहनगर शामिल हैं आपदा बैठक उत्तराखंड में आपदा को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दवारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के संवेदनशील इलाकों में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की

कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से बह्त भारी बारिश की संभावना है लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

इसके अलावा सार्वजनिक और व्यक्तिगत परिसंपतियों को भी न्कसान पहंचा है जिला प्रशासन की टीम बिजली पेयजल यातायात सहित जरूरी सेवाओं को स्चारू करने में ज्टी है अमृत गंगा पेयजल लाईन क्षतिग्रसत होने से गोपेश्वर नगर क्षेत्र और कोठियालसैंण में पेयजल आपूर्ति बाधित हई है कई इलाकों में द्रसंचार सेवा भी बाधित है इसके अलावा घरों द्कानों गौशालाओं पैदल प्लिया स्रक्षा दीवारों के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है उधर बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से छह मकान क्षतिग्रस्त हो गए

बारिश से उफनाई सरयू नदी के कारण प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर के घाट जलमग्न हो गए हैं कई मकानों में भी मलबा भर गया है पिथौरागढ़ जिले में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है जिले में तीन दर्जन सड़कें बंद हैं चीन सीमा को जोड़ने वाले राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बाधित हैं जौलजीबी बंगापानी मदकोट मुनस्यारी मोटरमार्ग पर दो पुल बह गये हैं सड़कों के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सामान की आपूर्ति पर असर पड़ा है एम्स हेलीपैड अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में गंभीर रोगियों और द्र्घटना होने पर घायलों को हेली सेवा से अस्पताल लाने की सुविधा की श्रुआत हो गई है आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश के नवनिर्मित हेलीपैड का उद्घाटन किया इसी के साथ एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जहां परिसर के अन्दर हेलीपैड की स्विधा है

म्ख्यमंत्री ने एम्स के डॉक्टरों को संबोधित करते हए कहा कि कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है जो चिन्ता का विषय है उन्होंने कहा कि प्रशासन प्लिस और डॉक्टरों के आपसी तालमेल से समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है उन्होंने कहा कि मरीजों को परीक्षण के साथ ही मनोवैज्ञानिक तरीके से भी मजबूत रखना जरूरी है वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल इस हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से रोगियों को जल्द चिकित्सा का लाभ प्राप्त होगा

इस बीच दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी मिल गई है अभी तक एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ही प्लाज्मा थेरेपी की जा रही थी श्रीकष्ण जन्माष्टमी प्रदेश में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है कोरोना महामारी के कारण इस बार पूरी सादगी से त्योहार मनाया जा रहा है श्रद्धालुओं ने दिनभर व्रत रख राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की मंदिरों में भी कम ही लोग नजर आये बागेश्वर जिले के द्ग बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में काफी कम भक्त पहुंचे पंडितों ने शारीरिक दूरी के साथ पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरित किया कई जगह कल भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की बधाई और श्भकामनाएं दी हैं